इस उपलक्ष्य में देश भर में योग कार्यकमों का आयोजन किया गया मुख्य समारोह झारखंड के रांची में हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हजारों की संख्या में लोगों ने योग कियाएं की इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है तथा इसे स्वास्थ्य देखभाल का एक मजबूत आधार बनाया जा सके इधर प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों व स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास किया सभी जिलों में भी योग कार्यकम आयोजित कर लोगों को योग की कियाएं करवाई गईं और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व के बारे जानकारी दी गई

गंभीर रूप से घायल लोगों को चंडीगढ़ रैफर किया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और वे आज दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड्डा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है हड़ताल वापिस प्रदेश चिकित्सा अधिकारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल वापिस ले ली है और आज से सभी डॉक्टर नियमित रूप से अस्पतालों में सेवाएं देंगे कल शाम शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनसे मिलने आए एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाची में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी पर हुए हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया प्रतिनिधिमंडल ने प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया

उन्होंने कहा है कि इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है ऐसे में लोगों व पर्यटकों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है

इन पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन मांगे गए हैं और इच्छुक अभ्यार्थी इंडिया पोस्ट डॉट जीओवी डॉट आई एन से भर्ती संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कुल्लू के बंजार में हुए दर्दनाक बस हादसे से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

कर्मचारियों के तबादलों के आवेदनों से मंत्री परेशान बदलेगी ट्रांसपफर पॉलिसी हिमाचल दस्तक की एक खबर है हिमाचल को भायी हरियाणा की तबादला नीति शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है शिक्षकों की प्रस्तावित तबादला नीति की फाइल पर एक साल बाद एक कदम आगे सरकी सरकार आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है भाजपा की शानदार जीत में हिमाचल का जिक भी हमेशा आएगा

प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष जल्द अमर उजाला की एक खबर है